उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में वृद्धि दर को तेज करना और देश का विकास आत्मनिर्भर भारत के लिए आवश्यक है प्रधानमंत्री ने कहा कि इंस महीने के शुरू में आत्म निर्भर भारत ऐप नवाचार चुनौती में विभिन्न श्रेणियों में लगभग दो दर्जन ऐप को पुरस्कृत किया गया है श्री मोदी ने लोगों से कहा कि र्वे इन ऐप की जानकारी लें और इनका उपयोग करें श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए ऑनलाइन गेम और खिलौना क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं प्रधानमंत्री ने कोराना संकट के दौरान किसानों की भूमिका की सराहना की उन्होंने कहा कि इस बार देश में पिछले वर्ष के मुकाबले खरीफ फसलों की बुआई सात प्रतिशत धान की बुआई लगभग दस प्रतिशत और दाल की बुआई लगभग पांच प्रतिशत अधिक हुई है श्री मोदी ने कहा कि भारतीय कृषि कोष का निर्माण किया जा रहा है उन्होंने कहा कि सितंबर महीने में माई जीओवी पोर्टल पर भोजन और पोषण प्रतियोगिता के अलावा मीम प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी

श्री चौहान ने आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा कर प्ररी स्थिति की जानकारी दी है श्री चौहान के अनुसार सेना के हेलिकॉप्टर मिलने से बचाव कार्य में तेजी आई है उधर मौसम केन्द्र ने बताया है कि अगले चौबीस घण्टों में प्रदेश में बारिश की संभावना तो है लेकिन उसकी तीव्रता कम रहेगी कल सोमवार से भारी बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है कोरोना प्रदेश प्रदेश में कोरोना संक्रभित लोगों की संख्या इकसठ हजार के करीब पहुंच गई है वहीं इनमें से अब तक छियालीस हजार चार सौ तेरह लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित इंदौर जिले में संक्रमितों की संख्या बारह हजार सात सौ से अधिक हो गई है

ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा की अनुमति दी जाएगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा

मोहर्रम मोहर्रम आज प्रदेश में श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है यह दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मनाया जाता है जिन्होंने सत्य और न्याय के लिए कर्बला में अपने प्राणों का बलिदान दिया इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद किया है एक द्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन के लिए सत्य और न्याय से बड़ा कुछ भी नहीं था

उच्चतम न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए देशभर में मोहर्रम के जुलूस निकालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था समाचार संक्षेप में शिवपुरी जिले में कृषि वैज्ञानिकों ने फसलों का निरीक्षण किया और किसानों को आवश्यक सलाह दी